हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ब्रिटेन और जर्मनी सहित दुनिया के कई देशों ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियां सख्त की हैं एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुंबई में भी कोरोना के मामले पिछले दिनों बढ़े हैं जो कोरोना की तीसरी लहर का संकेत हो सकता है श्री गहलोत ने सभी से लापरवाही नहीं बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने का आहवान किया है

अजमेर संभाग के लोग अब अपनी शिकायतें पुलिस महानिरीक्षक को व्हाट्सएप के जरिए भी कर सकेंगे

परिवादी को अपना नाम पता पुलिस थाना मोबाइल नंबर और परिवाद का सारांक्ष दस्तावेज सहित व्हाट्सएप करना होगा भरतपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष में आज स्वस्थ्य रहने का सन्देश देने के उद्देश्य से महाराजा सूरजमल स्मारक से साईकिल रैली निकाली गई रैली को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने भी साईकिल चलाकर स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए नियमित रूप से साईकिल चलाने का आव्हान किया

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक़मों को साझा करने का आग्रह किया लोग नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं प्रदेश में सर्दी का असर लगातार कम होता जा रहा है हालांकि आज अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली कमी आई

मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ से सर्द हवाओं की रफ्तार धीमी हो गई है